नई दिल्ली में कल मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्रीय मंत्री को प्रदेश की बाईपास सड़कों की खराब स्थिति से अवगत कराया

उन्होंने इन सड़कों को अगले वर्ष की वार्षिक कार्य योजना में शामिल करने का आग्रह भी किया मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री के साथ केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर मौजूद थे

श्री मलैया कल दमोह जिले के ग्राम खेजरा और तिन्दोनी में निर्माण कार्यो के भूमिपूजन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को एक रूपये प्रतिकिलो की दर पर गेहूं और चावल तथा किसानों को जीरो प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है उन्होंने निर्माण एजेंसियों को आवास निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के लिये भी कहा कांग्रेस न्याययात्रा प्रदेश सरकार की खामियों को जनता तक पहुंचाने के उद्वेश्य से कांगेस पार्टी प्रदेश में न्याययात्रा निकालेगी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रदेश में महिला उत्पीड़न कुपोषण और किसानों तथा मजदूरों के हालातों का हवाला देते हुए कहा कि इन सब मुद्दों को लेकर न्याययात्रा शुरू होगी इसकी शुरूआत पांच अप्रैल से लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह के गृह क्षेत्र रायसेन जिले के उदयपुरा से होगी इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि प्रीति रघुवंशी की आत्महत्या के दस दिन बाद भी किसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है इस मामले में जब तक कार्यवाही नहीं हो जाती तब तक पार्टी आवाज उठाती रहेगी

इस मौके पर जैन मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है और अनेक स्थानों पर अहिंसा रैलियां निकाली जा रही हैं राजधानी भोपाल में आज सुबह से जैन मंदिरों में श्रद्वालुओं द्वारा भगवान महावीर की मूर्ति को स्नान कराकर उनका विशेष अभिषेक किया गया है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान महावीर के जन्मोत्सव पर बधाई और श्भकामनाएं दी हैं

शिविर में जन जागरूकता से संबधित कार्यक्रम का आयोजन होगा